राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की पचीसवी वर्षगाठ के सिलसिले में नई दिल्ली में आयोंजित समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगो को उनके अधिकार देकर जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान सौभाग्य भारत अभियान सौभाग्य योजना जैसी योजनाओ का उद्देश्य सबको गरिमामय जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराना है उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबके लिए रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाए मुहैया कराना है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कमजोर वर्गो की आवाज का काम किया है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि अरुणाचल के लिए संपर्क सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन जलविद्युत कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में अपार संभावनाए है लेकिन अच्छे संपर्क की कमी के कारण इसका अनुचित लाभ नही उठा पा रहे है ये बात श्री खांडू ने ग्रवाहाटी में कन्फेडेरेशन आँफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा दो हजार बाइस तक पूर्वोत्तर क्षेत्रो की समावेशी एवं सतत विकास पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा हालाकि उन्होंने उम्मीद जताई कि रेल सड़क एवं वायु संपर्क में केंद्र सरकार द्वारा सहायता मिलने से आने वाले समय में संपर्क की समस्या दूर होगी उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही कोसाप की मांग को प्ररा करने में पर्याप्त कार्य किया है नामसाई में कल जिला सचिवालय के कर्मचारियो के साथ बात चीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान में वेतनमान के लिए सत्तर प्रतिशत धन आवंटित किया गया है जबकि केवल तीस प्रतिशत धनराशि अन्य कल्याण और विकास गतिविधियो को करने के लिए छोड़ दिया गया है श्री मेन ने कहा कि राज्य सरकार जानब्रझकर खर्च करने के लिए बाध्य थी ताकि ओवरड्राफ्ट से बचा जा सके और सरकार वह निर्णय नही ले सकता जो बाद में वित्तीय बोझ बन सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपलब्ध राजस्व और संसाधनो की क्षमता के भीतर ही कर्मचारियो के कल्याणा के लिए हर संभाव कार्य करेगी साइबर सुरक्षा से संबंधित एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि विश्व में इंटरनेट बंद होने की खबरो के बीच भारत में इंटरनेंट शटडाउन का सामना नही करना पड़ेगा संवाददाताओ से बातचीत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संयोजक गुलशन राय ने कल कहा कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और भारत में इंटरनेट शटडाउन नही होगा रुस के समाचार चैनल रुस टुड़े ने खबर दी थी कि अगले अड़तालीस घंटों में इंटरनेंट नेटवर्क के नियमित रखरखाव के कारण विश्वभर में इंटरनेंट का उपयोग करने वालों को बड़े स्तर पर इंटरनेट सुविधा में परेशानी हो सकती है महिला और बाल विकास मंत्रालय मी टू इंडिया अभियान के तहत सामने आ रहे मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाएगा इसमें न्यायिक और कानूनी क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्तियों को सदस्य के रुप में शामिल किया जाएगा यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतो से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करेगी और इसे अधिक प्रभावी बनाने के बारे में मंत्रालय को सुझाव देगी महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि कार्य स्थलो पर यौन उत्पीड़न को कतई सहन नही किया जाएगा उन्होंने कहा कि कार्य स्थलो को महिला कर्मचारियो के अनुकूल बनाया जाएगा सुश्री मेनका गांधी ने सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओ से आग्रह किया है कि वे निडर होकर सामने आए और किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट करें

भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी में एक जनवरी दो हजार उन्नीस से तीन साल की अवधि के लिए चुना गया है एक सौ तिरानंबे सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने शीर्ष संगठन मानवाधिकार परिषद के लिए नये सदस्यों का चुनाव कराया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के मामलो को देखने के लिए मार्च दो हजार छह में प्रमुख संगठन के रुप में मानवाधिकार परिषद का गठन किया था इसमें सैंतालीस देश निर्वाचित सदस्य है